प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से थोड़ी देर पहले पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान वेब पोर्टल की शुरुआत वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से की इस दौरान श्री मोदी ने कहा कि ईमानदार करदाता राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका अदा करता है

उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारियों में कुशलता और सत्य निष्ठा को सम्मानित किया जाएगा झारखंड में अब तक चार लाख से अधिक नमूनों की हई जांच बीस हजार से अधिक लोग कोरोना संक्रमित मिले वहीं दूसरी ओर राज्यभर में पिछले चौबीस घंटे के दौरान छह सौ अस्सी नये कोरोना पॉजिटिव मिले हैं जबकि एक हजार पांच सौ सरसठ लोग स्वस्थ हुए हैं इसी के साथ राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर बीस हजार दो सौ अंठावन पहंच गयी है जबकि अबतक बारह हजार एक सौ संतानबे लोग स्वस्थ हो चुके हैं राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या सात हजार आठ सौ उनसठ रह गयी है कल एक साथ डेढ़ हजार से अधिक लोगों के स्वस्थ होने की अबतक की सबसे बड़ी संख्या है वहीं दूसरी ओर कल आठ कोरोना संक्रमितों की मौत हो गयी जिससे मरनेवालों की संख्या बढ़कर दो सौ दो हो गयी है

कोरोना संक्रमितों की गंभीर स्थिति को देखते हुए प्लाज्मा दान करने के लिए कल पांच लोग रिम्स पहुंचे इनमें रांची से तीन पटना से एक और डाल्टनगंज से एक व्यक्ति शामिल है इन पांचों की जांच की गई जिनमें से तीन लोगों की रिपोर्ट सही नहीं रहने के कारण सिर्फ दो लोग ही प्लाज्मा दान कर सके डॉ मिथिलेश कुमार ने बताया कि इन दोनों दानकर्ताओं ने अपने किसी रिश्तेदार के लिए प्लाज्मा दान किया है जिसे रिम्स के ब्लड बैंक में संरक्षित कर दिया गया है इधर रिम्स ब्लड बैंक की काउंसलर डॉ कविता देवघरिया ने बताया कि वर्तमान में रिम्स में भर्ती कई ऐसे मरीज हैं जिन्हें प्लाज्मा की बेहद जरूरत है लेकिन उन्हें नहीं मिल पा रहा है उन्होंने कोरोना से जंग जीतकर स्वस्थ हुए लोगों से अपील की है कि आगे आकर प्लाज्मा दान करें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

जेले भेजे जाने से पहले उसकी जांच कराई गई जिसमें उसकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है अजीत तिर्की का इलाज जेल में बने आइसोलेशन वार्ड में ही किया जाएगा

कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए रांची स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में स्वतंत्रता दिवस पर वर्चअल जेल अदालत का आयोजन किया जाएगा

मामलों की सुनवाई के बाद इन बंदियों को रिहा करने की तैयारी है जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण डालसा के सचिव अभिषेक कुमार ने बताया कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए वर्च्यअल जेल अदालत का निर्णय लिया गया है रिहा होने वाले अभियुक्तों में अधिकतर चोरी छिनतई मारपीट पॉकेटमारी लॉक डाउन के नियमों का उल्लंघन जैसे अपराध में जेल में बंद हैं इनमें से आठ लोगों को लॉकडाउन के दौरान गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था हालांकि गंभीर अपराध में सजा काट रहे कैदियों को जमानत मिलनी मुश्किल है सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सिर्फ उन्हीं कैदियों को जमानत पर रिहा किया जा सकता है जो सात साल या उससे कम की सजा काट रहे हैं

झारखंड उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल कोरोना संक्रमित पाए गए हैं इसके बाद उच्चन्यायालय के सभी कार्य कल तक के लिए निलंबित कर दिये गये हैं बताया जा रहा है कि रजिस्ट्रार जनरल के अलावा कई अन्य पदाधिकारी भी कोरोना संक्रमित हुए हैं

इसमें पुलिस के जवान भी शामिल हैं फिलहाल आरजी में कोरोना संक्रमण को लक्ष्ण नहीं दिखा है लेकिन उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव होने के बाद एहतियात के तौर पर उन्होंने खुद को अपने आवास में ही आइसोलेट कर लिया है कोरोना संक्रमण मिलने के बाद हाईकोर्ट को सैनिटाइज करने के लिए दो दिनों के लिए कोर्ट सहित पूरे कार्यालय के कार्य को स्थगित कर दिया गया है आज हाईकोर्ट परिसर को सेनिटाइज किया जाएगा गौरतलब है कि इससे पहले भी हाई कोर्ट के कर्मियों में कोरोना संक्रमण हुआ था इसके बाद से सभी कर्मियों की कोरोना जांच की गई थी खूंटी जिले में स्वच्छ भारत मिशन के तहत गंदगी मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है

पुलिस मामले की छानबीन कर रही है झारखंड में मॉनसून एक बार फिर कमजोर पड़ता जा रहा है मौसम विभाग के अनुसार राज्य के नौ जिलों में सामान्य से कम बारिश दर्ज की गयी है

मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है जिससे कल रांची सहित पूरे राज्य में बारिश हो सकती है कोरोना संक्रमण को लेकर रांची पहाड़ी मंदिर आम श्रद्दालुओं के लिए बंद रखा गया है

और अब संक्षिप्त खबरें रांची रेल मंडल के तहत आने वाले रांची और हटिया समेत अन्य सभी स्टेशनों पर कल सफाई अभियान चलाया गया आज ट्रेन और पटरियों की सफाई कराई जा रही है रांची के उपायुक्त छवि रंजन ने कल नामक्म प्रखंड के मॉडल आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण कर ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता पोषण दिवस को लेकर सीडीपीओ को संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर कार्य करने का निर्देश दिया रांची जिले के बुढ़मू थाना क्षेत्र में बाइक से गिरकर एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि एक युवक घायल हो गया है